देशभर में खुशी की लहर

सुरक्षा के किये गये व्यापक प्रबंध दो दिन पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत को सौंपने के साथ ही भारतीय वायूसेना के विंग कमांडर अभिनंदन नई दिल्ली पहंच गए हैं पालम हवाई अड्डे पर आम लोगों के एक समूह ने उनका जोशोखरोश के साथ स्वागत किया यहां से उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए सेना के अस्पताल ले जाया गया इससे पहले स्वदेश वापसी के बाद वायू सेना के विंग कमांडर अभिनंदन का भारत ने स्वागत किया पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना के अधिकारी वर्दमान को अटारी वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा इसके कारण कल शाम सीमा पर स्थित स्टेडियम को खाली रखा गया था सीमा सुरक्षा बल की परेड भी स्थगित कर दी गयी थी इस मौके पर केवल तिरंगा उतारने का समारोह हुआ विंग कमांडर अभिनंदन पिछली सत्ताईस फरवरी को दोनों देशों की वायु सेना के बीच हवाई घेराबंदी के दौरान पाकिस्तान की सीमा के भीतर पहुंच गए थे जहां उन्हें कैद कर लिया गया था मातृभूमि पर कदम रखने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली प्रतिक्रिया थी कि अपने देश लौटना उनके लिए शुभ है उपवायुसेना अध्यक्ष आर जी कूपर ने कहा कि विंग कमांडर को निर्धारित प्रकियाओँ के तहत भारत के हवाले किया गया उन्होंने कहा कि विंग कमांडर के वापस लौटने से सेना बेहद खुश है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन को अमृतसर के राजा सांसी हवाई अड्डे ले जाया गया यहां से उन्हें दिल्ली लाया गया दिल्ली पहुंचने पर विंग कमांडर अपने माता पिता से मिले और कुछ पलों के बाद उनका मेडिकल परीक्षण किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनंदन की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा हैं विभिन्न नेताओं ने विंग कमांडर अभिनंदन की शौर्य और साहस की सराहना की है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि पूरा देश उनकी वीरता और साहस की प्रशांसा करता है वे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने भी भारतीय पायलट की बहाद्री की सराहना की है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कामना कि वे इसी साहस और समर्पण से देश की सेवा करते रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि अभिनंदन की गरिमा वीरता और शौर्य ने देशवासियों को गौरवान्वित किया है राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी दलों के प्रमुख लोगों ने विंग कमांडर की स्वदेश वापसी का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह नया भारत है ऐसा भारत है जो आतंकवादियों द्वारा किये गये नुकसान का सूद सहित बदला लेगा कन्याकुमारी में रैली को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों पर संदेह करने के लिये अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि इससे पाकिस्तान को मदद मिली है उन्होंने कहा कि जनता वंशवाद नहीं बल्कि इमानदारी चाहती है चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि लोकसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर चुनाव तिथि टालने को लेकर लगायी जा रही अटकलों को खारिज करते हुये कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन होगा लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयोग आगामी लोकसभा चूनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिये प्रतिबद्ध है और हर शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई होगी उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में सीविजिल मोबाइल एप जारी किया जायेगा जिस पर कोई भी नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने का भी विकल्प होगा फसल सहायता योजना के अंतर्गत बिहार के एक लाख किसानों के खाते में एक सौ तीन करोड़ रूपये डाले गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरूआत करते हुये बताया कि किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिये सहायता दी जायेगी इसका लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों को मिलेगा इस वर्ष छह लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की बिहार में लोकसभा चूनाव को लेकर यह पहली चुनावी रैली होगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं रैली को सफल बनाने के लिए एनडीए के तीनों घटक दल भाजपा जदयू और लोजपा प्रे प्रदेश में जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री कल सुबह विशेष विमान से पटना हवाई अड्डा पहुंचेंगे वहां से वे सीधे गांधी मैदान रैली स्थल पर जायेंगे रैली की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल शाम गांधी मैदान का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने पटना के जिलाधिकारी को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया एनडीए की संकल्प रैली को लेकर आज शाम से हाजीपुर से पटना को जोड़ने वाले पीपा पुल को वन वे कर दिया गया है शाम छह बजे से केवल हाजीपुर से पटना की ओर वाहन आ सकेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश की खराब सड़कों को चौबीस घंटे के अंदर दुरूस्त कर लिया जायेगा पटना में पथ निर्माण और भवन निर्माण की बारह हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने अगले सात साल के लिये पथ निर्माण विभाग के सड़कों के रख रखाब के नीति का शुभारंभ किया इसके तहत तेरह हजार चार सौ इकतीस किलोमीटर पथों के रख रखाब पर छह हजार छह सौ पचपन करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे विश्वविद्यालय सेवा आयोग राज्य में नौ हजार शिक्षकों की नियुक्ति करेगा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की अध्यक्षता में नवगठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा ये नियुक्तियां की जायेंगी सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा आज से देशभर में शुरू हो रही है परीक्षा चार अप्रैल तक चलेगी बिहार में इकहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं इसके लिये राज्यभर में कुल दो सौ दस परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नियोक्ता कंपनी विशेष भत्तों को कर्मचारी के मूल वेतन से अलग नहीं कर सकती है और पीएफ कटौती के लिये भत्तों को मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिये न्यायालय ने इस मामले में ईपीएफओ के खिलाफ कंपनियों की याचिका खारिज कर दी राज्य सरकार ने प्रदेश में पोषण अभियान को बढ़ावा देने के लिये कॉमन वेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह को सद्भावना दूत बनाने का निर्णय लिया है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आज से राज्य स्तरीय एकलव्य खेलों का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता का उद्घाटन सुशील कुमार मोदी करेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है इसके अलावा कई अन्य खबरों को भी जगह दी है हिन्दुस्तान लिखता है अभिनंदन का अभिनंदन इसके साथ ही अखबार ने सुषमा स्वराज के बयान आतंकवाद जिंदगियां तबाह कर रहा को प्रमुखता से छापा है दैनिक भास्कर का शीर्षक है अठावन घंटे बाद देश में अभिनंदन पहंचते ही गर्व से बोले अच्छा लगा दैनिक जागरण ने सुर्खी लगायी है सीना तान लौटा आसमान का सुल्तान प्रभात खबर ने इस खबर का शीर्षक लगाया है स्वदेश लौटा अपना अभिनंदन अखबार ने इसके अलावा कल पटना में एनडीए की रैली को लेकर शीर्षक दिया है कल आयेंगे पीएम संकल्प रैली को करेंगे संबोधित

देशभर में खुशी की लहर

सुरक्षा के किये गये व्यापक प्रबंध